सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ॅआज शिमला में एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि केन्द्र ने पेयजल संबंधी प्रस्तावों को हर घर में नल से जल योजना के तहत शामिल करने का आश्वासन भी दिया है महेन्द्र सिंह ठाकर ने बताया कि हिमालयी राज्यों की जून माह में नई दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने केन्द्र सरकार के साथ इन मांगों को उठाया था उन्होंने बताया कि योजना के तहत हर घर को पेयजल उपलब्ध करवाने में सराहनीय कार्य करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा विपिन परमार हिमाचल ने पैरासिटिक वॉर्भज और सॉलिड ट्रांसमिटेड फॉलो अप सर्वेक्षण में विश्व भर में पहला स्थान हासिल किया है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कल शिमला में सर्वेक्षण की रिपोर्ट व निष्कर्षो की जानकारी देने के लिए आयोजित समारोह में ये बात कही उन्होंने डिवॉर्मिंग कार्यक्रम से जुड़े विभागों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी सम्बद्ध विभागों के प्रयासों से ही प्रदेश में मिशन मोड पर डिवार्मिंग अभियान सफल हआ है

सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों को शारीरिक व बौद्धिक विकास पर विशेष बल दे रही है

इस अवसर पर उन्होंने जनसमस्याए भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया

बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी भी मौजूद रहे सतपाल सत्ती ने कहा कि अभियान के माध्यम से विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे

कीमतों में यह कटौती अंतरराष्ट्रीय मूल्य घटने के कारण हुई है

सहारा योजना प्रदेश सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को गंभीर रोग की स्थिति में त्वरित आर्थिक सहायता देने के लिए सहारा योजना शुरू की है

सोलन के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरके दरोच ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति अपने दस्तावेज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं

सब्जी उत्पादन कांगड़ा जिले में बैजनाथ उपमंडल के द्र्गम क्षेत्र छोटा व बड़ा भंगाल में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन से किसानों की आर्थिकी सदद हो रही है जिला कृषि अधिकारी कलदीप धीमान ने बताया कि कृषि विमाग द्वारा किसानों को परम्परागत फसलों से नकदी फसलों और बेमौसमी सब्जी उत्पादन की ओर प्रेरित किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण भी दिया गया है

मौसम प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले कूछ दिनों से मॉनसून की वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है चंबा कल्ल शिमला सोलन व सिरमौर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर भुस्खलन से सम्पर्क मार्ग अवरूद्व हुए हैं

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून के इसी तरह सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है